पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने बताया कि संसद में आयोजित समारोह में चयनित लाभार्थी को पांच करोड़वां उज्ज्वला कनेक्शन सौंपा गया

इसके लिए आठ हज़ार करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया था

इनमें सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना ग्रामीण और शहरी आवासन रेल हवाईअड्डे और बंदरगाहों की परियोजनाएं शामिल हैं

रेल क्षेत्र में क्षमता और रोलिंग स्टॉक में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है

प्रधानमंत्री को ग्रामीण आवास क्षेत्र के बारे में बताया गया कि इस अवधि में एक करोड़ से अधिक मकानों का निर्माण किया गया

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी इस अवसर पर मौजूद रहेगे

उदयपुर जोघपुर और अजमेर संभाग में यात्रा सात सात दिनों की होगी

यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रदेश भाजपा के कई नेता चारभुजा पहुंच गए हैं भाजपा प्रवक्ता ओंकार सिंह लखावत ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि इस यात्रा के जरिए आम जनता को राज्य सरकार के कामकाज का ब्यौरा दिया जाएगा उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने आज जयपुर में एक प्रेसवार्ता कर राजस्थान गौरव यात्रा पर सवाल उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सत्ता में आने से पहले जो वादे किए थे उनमें से अधिकतर पूरे नहीं हो पाए हैं

सहकारिता मंत्री अजयसिंह किलक ने बताया कि समय पर कर्ज चुकाने वाले काश्तकारों को साढे सात प्रतिशत ब्याज दर से ऋण मिल पायेगा इस योजना के तहत किसान सिंचाई कृषि यंत्र और खेतीबाडी से जुडी गतिविधियों के लिए कर्ज ले सकेंगे

ये योजना सहकारी भूमि विकास बैंको से दीर्घकालीन अवधि के लिए लिये जाने वाले ऋण पर लागू होगी

भारत निर्वाचन आयोग के उप चुनाव आयुक्त श्री सुदीप जैन ने आज जयपुर में एफएलसी प्रकिया का निरीक्षण किया और मुख्य निर्वाचन अधिकारी अश्विनी भगत से मुलाकात कर प्रदेशभर में की जा रही एफएलसी की जानकारी ली

हमारे हनुमानगढ संवाददाता ने बताया कि इस योजना से गांवों के विकास को गति मिली है और आधारभूत संरचना में भी बदलाव आया है

राष्ट्रीय खादय सुरक्षा अधिनियम के लिए गठित टॉस्क फोर्स की आज जयपुर में हुई बैठक में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की सचिव मुग्धा सिन्हा ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की सूची में किन्नरों को स्वघोषणा के आधार पर शामिल किया जायेगा विभाग द्वारा इसका सत्यापन भी करवाया जायेगा

े व्यावसायिक रूप से वैश्यावृति से जुडे परिवारों को भी खाद्य सुरक्षा के तहत लाभान्वित करने पर सहमति जताई गई

आज मुख्य सचिव डी बी गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि बीमा कम्पनी द्वारा क्लेम या दावा निरस्त किए जाने पर अस्पताल सीधे राजस्थान स्टेट हैल्थ इंश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से अपील कर सकते हैं

प्रतापगढ जिले की छोटी सादडी में पुलिस ने एक ट्रक से करीब सवा चार क्विटंल अफीम डोडा चूरा बरामद कर दो लोगो को गिरफ्तार किया है